मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जर्मनी और नीदरलैंड में मिले निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है इसके अलावा शिक्षा विभाग आईपीएच और लोकनिर्माण विभाग के मामलों पर भी चर्चा हो सकती है बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे पदों को भरने पर भी मुहर लगने की उम्मीद है समीक्षा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कल शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा महिला एवं बाल विकास विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केंद्रीय व राज्य योजनाओं पर प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

जवान शहीद ऊना जिले के जवान अनिल जसवाल सोमवार रात को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे उनका पार्थिव शरीर आज दोपहर तक उनके पैतृक गांव सरोह पहुंच जाएगा जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा

उपायुक्त ललित जैन ने कल नाहन में बताया कि योजना को धरातल पर उतारने के लिए ज़िला प्रशासन ने कार्य योजना तैयार की है

समापन अवसर पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इनके आयोजन से शारीरिक व मानसिक विकास के साथ साथ भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा मिलता है चिकित्सा वाहन बिलासपुर अस्पताल से दंत चिकित्सा वाहन को विधायक सुभाष ठाक्र ने कल हरी झंडी दिखाई उन्होंने कहा कि इस सुविधा के जरिए स्कूलों में बच्चों के अलावा वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रमों में रह रहे लोगों के दांतों की जांच की जाएगी आधुनिक सुविधाओं वाले इस वाहन में दांतों के उपचार की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं

इसी कड़ी में रिकांगपिओ के पुलिस मैदान में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने ऊना के सैनिक अनिल जसवाल की शहादत से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल के एक और सपूत ने पाई शहादत ऊना के सैनिक अनिल अनंतनाग में आतंकी मुठभेड़ में हुए थे घायल अस्पताल में तोड़ा दम दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अनंतनाग में बंगाणा का सपूत शहीद पंजाब केसरी ने लिखा है आज पैतक गांव पहंचेगी पार्थिव देह दैनिक भास्कर का शीर्षक है मुठभेड़ में घायल हुए ऊना के जवान अनिल शहीद हिमाचल दस्तक का कहना है सोमवार देर रात आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हुए थे घायल आपका फैसला के अनुसार कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हिमाचल का सपूत शहीद पैतृक गांव में आज पहुंचेगा पार्थिव शरीर पंजाब केसरी ने खबर दी है कंडक्टर भर्ती घोटाले का आरोपी सीजीएम अंडरग्राउंड पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए लगाए नाके इसी समाचार पत्र के अनुसार कांगड़ा बैंक के पूर्व निदेशक मंडल पर दर्ज होगी एफआईआर एनजीटी हिमाचल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से नाखुश कंडाघाट के बीडीओ व प्रधान से जवाब तलब शीर्षक से खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है अमर उजाला की एक खबर है सूबे के अस्पतालों में आज दो घंटे बंद रहेंगी ओपीडी

जबकि हिमाचल दस्तक का कहना है सरकार ने तय किए टैक्सी के किराए दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है प्रदेश में केंद्र की मदद से स्थापित होगा गोकुल ग्राम

प्रदेश मंत्रिमंडल की प्रस्तावित बैठक पर अमर उजाला ने लिखा है कैबिनेट बैठक आज बजट घोषणाआं पर हो सकते हैं फैसले वहीं पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में आज निवेश प्रस्तावों पर चर्चा संभव